उन्होंने कहा कि सरकार शुद्द इरादों के साथ काम कर रही है और देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी में एक सभा में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसान बिलों को लेकर आशंकित हैं तो यह पिछली सरकारों द्वारा नियमित धोखा देने के इतिहास के कारण है किसानों के नाम पर कई पैकेजों और परियोजनाओं की घोषणा की गई लेकिन उनका लाभ गरीब किसानों तक कभी नहीं पहंचा

प्रधानमंत्री ने कहा कि नव उन्नत राजमार्ग भक्तों और पर्यटकों को बहत मदद करेंगे और विकास को और बढ़ाएंगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नई भाजपा सरकार के सता में आने के बाद राज्य की छवि बदल गई है और अब यह एक एक्सप्रेस राज्य के रूप में उभरा है जो अब कई एक्सप्रेस वे पर काम कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद वह देव दीपावली उत्सव में भाग ले रहे है इसके बाद वह सारनाथ के प्रातात्विक स्थल पर लाइट एन्ड साउंड शो भी देखेंगे जिसका उदघाटन उन्होंने ही इसी महीने की शुरुआत में किया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड नाइन्टीन टीके विकसित करने वाली तीन टीमों के साथ वर्चुअल बैठक की ये टीमें पुणे की जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और हैदरावाद की बॉयोलोजिकल ई लिमिटेड तथा डॉक्टर रैडिस लेबोरेट्री की हैं श्री मोदी ने कोविड नाइन्टीन महामारी से निपटने का टीका बनाने के लिए इन कपंनियों के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की टीके के विकास के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों के साम्थ्य पर भी चर्चा की गई प्रधानमंत्री ने इन कंपनियों से कहा कि वे विनियामक प्रक्रियाओं और संबंद मुद्दों के बारे में अपने सुझाव तथा विचार दें उन्होंने कंपनियों को परामर्श दिया कि उन्हें टीके और इससे संबंधित मुद्दों के बारे में सरल भाषा में आम लोगों को जानकारी देने के अतिरिक्त प्रयास भी करने चाहिएं केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें एक टवीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसले बेची हैं श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर तिरानबे दशमलव आठ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कल पैंतालिस हजार तीन सौ तैंतीस मरीज ठीक हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कल संख्या अटठासी लाख सैंतालिस हजार से अधिक हो गई है इस समय देश में सक्रिय मामलों की क्ल संख्या चार लाख छियालिस हजार नौ सौ बावन है ग्रु नानक जयंती और ग्रुपर्व आज धार्मिक श्रद्वा और उल्लास से मनाया जा रहा है यह पर्व सिखों के प्रथम ग्रु ग्रुनाक देव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी इस वर्ष ग्रुनानक देव जी का पांच सौ इक्यावनवां प्रकाशोत्सव है इस अक्सर पर श्रद्वालु प्रार्थना और कीर्तन में शामिल रहे हैं गुरुनानक देव जी की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोग पवित्र नदियों और सरोवरो में कोविड नियमों के पालन के साथ स्नान कर के पूजा पाठ और दान पृण्य किया अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में पवित्र स्नान सम्पन्न हो गया इस बीच कल्पवासी भी कल्पवास व्रत पूरा कर के अपने घरों को खाना हो रहे हैं आज देव दीपावली भी मनायी जा रही है इस अवसर पर लोगों द्वारा अपने घरों और मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है